विभिन्न राजनीतिक दलों ने राज्यभर में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा से भाजपा नेता परेशान

शहीद परवेज काठात को नम आंखों से हजारों लोगो ने दी अंतिम विदाई राजस्थान आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है प्रदेशभर में आयोजित हो रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम

उन्होंने ये मामले छह महीने या एक वर्ष के भीतर निपटाने के लिए अलग पीठ बनाने का भी सुझाव दिया है

उन्होंने बार एसोसिएशन से स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने का आग्रह किया क्योंकि ये सुविधाजनक और उचित है कि कार्रवाई संबंधित राज्य की राजकीय भाषा में हो

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश से भाजपा का चुनाव अभियान शुरू किया प्रधानमंत्री ने असम में डिक्रूगढ़ लोकसभा सीट के तहत मोरान में भी रैली को सम्बोधित किया कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी असम में अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रचार शुरू करेंगे

आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गहलोत ने केंद्र सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पिछले पांच साल में देष में बेरोजगारी बढी है श्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा घोषित न्यूनतम आय गारंटी योजना से भाजपा परेशान हो गयी है इस योजना से गरीब वर्ग को लाभ होगा अपने पुत्र वैभव गहलोत के चुनाव प्रचार संबंधी एक प्रष्न के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि उन्हें नेता बनना है तो प्रचार भी उन्हें ही करना होगा

उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता से किये वादों के वितरीत काम किया आरोप पत्र मे ंकर्ज माफी योजना को भ्रम का जाल बताया है और कहा है कि जनता अपने आप को ठगा महसूस कर ही है इसी प्रकार सरकार पर बदनियती से किसान सम्मान निधि के लाभ से किसानों को वंचित रखने का आरोप लगाया गया है

इसके अलावा संविदाकर्मियों को नियमित नहीं करने भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद करने समेत कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा गया है

सवाई माधोप्र में आज विशेष कार्यक्रम हआ

झुन्झुनू जिले में लोकसभा चुनाव के लिये आयोजित मतदान प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर आठ कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि मतदान कार्मिकों का पहला प्रशिक्षण तीन अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है प्रतापगढ में सेक्टर ऑफिसर्स फ्लाईंग स्क्वाड और चुनाव कार्मिकों को गहन सैद्वान्तिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है जालोर में पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो रहा है झालावाड में मतदाताओं को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिये स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत टेरिस गार्डन गावड़ी तालाब पर शपथ और ईवीएम वीवीपैट का प्रदर्शन और मॉक पोल करवाया गया

इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है आज जयपुर के आमेर महल जंतर मंतर हवा महल और अल्बर्ट हॉल पर दिनभर लोक कलाकारों ने लोक संगीत और नृत्य के कार्यक्रम पेश किये विभिन्न जिलों में भी राजस्थान दिवस ध्रमधाम से मनाया जा रहा है

नागौर में प्राचीन स्मारकों सरकारी भवनों चौराहों पर रंगीन बल्बों से सजावट की गई

धौलपुर में राजस्थान दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुये कहा कि सभी लोग प्रण ले कि प्रदेश को विकसित बनायेंगे

इस मौके पर उन्होने कहा कि राजस्थान रत्न पुरस्कार फिर से शुरू किये जायेंगे

हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया है कि उनके निधन से थार में भजन गायकी के एक युग का अंत हो गया

सिरोही जिले में ओरिया ग्राम पंचायत के सरपंच राकेश कुमार के विरूद्व लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया

जिस पर कल मतदान हुआ जिसमें एक मत कम रह जाने से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका बीकानेर में मोटर साईकिल की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई

बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पुष्पों से संवाद कार्यक्रम में सुबह से लोगों की भीड़ रही

प्रतापगढ बांसवाड़ा और टोंक जिले में आज दशामाता पर्व पराम्परा के अनुसार मनाया गया